पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में एक हजार पांच सौ सैतीस नए कोरोना संक्रमित मिले उपचार के बाद एक हजार एक सौ संतावन लोग हुए स्वस्थ

केंद्रीय टीम कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों की रोकथाम निगरानी जांच और क्शल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करने के लिए दस दिनों के दौरे पर है इस दौरान यह टीम रांची पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले में अवस्थित कोविड सेंटरों के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी इसके अलावा संक्रमितों की पहचान उसके उपचार और आमलोगों में संक्रमण के बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी इस क्रम में केंद्रीय टीम आज से दो दिनों तक धनबाद के दौरे पर रहेगी इससे पहले कल पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी ली राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सैतीस कोराना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं एक हजार एक सौ संतावन लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि तीन संक्रमितों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अड़तालीस हजार उनंचालीस हो गई है वहीं अब तक बत्तीस हजार तैतालीस लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि पंद्रह हजार पांच सौ उनचास संक्रमितों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पताल में चल रहा है इस दौरान चार सौ सैतालीस लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची और पूर्वी सिंहभूम से तीन सौ चौवन मिले हैं वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वाले सबसे ज्यादा दो सौलह लोग पूर्वी सिंहभूम से और एक सौ सताइस लोग धनबाद से हैं इस दौरान पूर्वी सिंहभूम से दो और धनबाद से एक संक्रमित की मौत भी हो गई है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

न्यायालय के इस फैसले से संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ था इन परीक्षाओं को लेकर समीक्षा याचिका झारखंड समेत पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दाखिल की थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं प्रधानमंत्री कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए आईआईपीए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कुछ महीनों में कार्य करना शुरू कर देगा दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में जनजातीय विकास कला और संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक शैक्षणिक प्रकोष्ठ भी होना चाहिए

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा के साथ देश के विभिन्न राज्यों में चौसठ सीटों और लोकसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे इसमें झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा की सीट भी शामिल है चुनाव की यह प्रक्रिया इस साल उनतीस नवंबर के पहले कर ली जाएगी आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के साथ खाली पड़ी सीटों के लिए उपचुनाव कराने से केंद्रीय बलों के आवागमन में सह्लियत होगी आयोग ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं आज शिक्षक दिवस है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मौके पर देशभर के सैंतालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे इनमें झारखंड के तीन शिक्षक शामिल हैं पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों में बोकारो जिले के चास स्थित राम रुद्र प्लस ट्र हाई स्कूल की निरुपमा कुमारी सिमडेगा जिले के बानो स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य स्मिथ कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापोर स्कूल की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं कोरोना संकट की वजह से इस बार राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार प्रदान करेंगे सभी शिक्षक अपने जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हई है

मौसम में हो रहे बदलाव के कारण साहेबगंज जिले में लोग बीमार हो रहे हें इसके तहत मलेरिया और टायफायड के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं

झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में छह टीमें होंगी सत्रह दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में तैंतीस मैच खेले जाएंगे इसमें लीग स्तर के सभी मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जाएंगे जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मैच धनबाद और जमशेदपुर में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी

उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है ऐसे में केंद्र का दायित्व है कि राज्य का ख्याल रखें झारखंड एकेडमिक काउंसिल की दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं बाइस से उनतीस सितंबर के बीच ली जाएगी इस वर्ष दसवीं में एक लाख पचास हजार और बारहवीं में करीब सतासी हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे

वहीं तेइस लोगों को उदलबनी कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है

उन्हें रांची के एक होटल से उस वक्त पकड़ा गया जब वे एक आपूर्तिकर्ता से पैसे ले रहे थे झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक आठ सितंबर को होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है

मुख्यमंत्री द्वारा जीएसटी मुआवजे के दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोर्दी को लिखे गए पत्र और जेईई मेन में बीस प्रतिशत परीक्षार्थियों के शामिल होने की खबर को से प्रभात खबर ने इसे प्रमुखता से जगह दी है भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनल अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करने तथा विधायक समरी लाल पर उनकी पत्नी और बेटी द्वारा प्रताड़ित करने के आरोपों को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करने और नौवीं से बारहवीं के सिलेबस में चालीस प्रतिशत कटौती करने के झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रस्ताव को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जेईई मेंस और नीट को स्थगित करने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए हुए समझौते की खबर पहले पेज पर जगह दी है